मौजूदा समय सीमा इस महीने की तीस तारीख को समाप्त हो रही है राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षो में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है इससे पहले तृणमुल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत करीब सवा दो करोड़ लोगों को डिजिटल रिक्षा प्रदान की गई है राज्यसभा में प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक दो करोड़ तीस लाख से अधिक लोग लामार्थी के रूप में नाम दर्ज करा चुके हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने डिजिटल साक्षरता योजना को खास तौर पर द्र दराज के इलाकों में लाग करने के लिए कई कदम उठाये हैं तो डिजिटल इंडिया कई स्वरूपों में कार्यक्रम करती है उसी में एक विचार आया कि जब तक हम उनको डिजिटली साक्षर नही करेंगे तब तक वो डिजिटल उपकरणों के साथ काम नहीं कर पाएंगे तो तीन इसके स्तर थे

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि बैंकिंग परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराने के अनुरोधों पर विचार किया जायेगा आज राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने इस संबंध में मंत्रालय से अनुरोध किया है यह विषय कर्नाटक से कांप्रेस सांसद जी सी चन्द्रशेखर ने उठाया था इससे पहले समापति एम वेंकैया नायड़ ने सदन के नेता थावरचंद गहलोत को निर्देश दिया कि वे हाल ही में चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों की अधिसूचना में आरक्षण कोटा के लिए विज्ञापन जारी नहीं करने के कारण जानने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री से बात करें यह मुद्दा शून्यकाल में कांग्रेस के जावेद अली खान ने उठाया था मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज लोकसभा में केन्द्रीय शिक्षा संस्थान शिक्षक संवर्ग आरक्षण विवेयक दो हजार उन्नीस को पेश किया क्षियक में चुनिंदा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति शैक्षिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के शिक्षक संवर्ग के पदों में आरक्षण उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामुहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रवानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शृन्य शृन्य एक एक सात आठ शृन्य शृन्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं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 लोग एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से प्राप्त लिंक पर प्रधानमंत्री के पास सीधे अपने सुझाव भेज सकते है हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिये अनेक महत्वपूर्ण मुददों को उठाते रहे हैं यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जाता है

जौनपुर जिले के मडियाहूं कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मृत्व हो गयी पुलिस सुत्रों के अनुसार दुर्घटना उस समय हयी जब मिर्जापुर की और से तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लिया और पीछे से आ रही कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गयी दूसरी घटना बलिया जिले के बांसडीह सहतवार मार्ग पर हुयी जहां एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने एक टैम्पो को टक्कर मार दी जिससे टैम्पो में सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी इस दुर्घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गये जिन्हें इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है